इस दौरान श्री चौधर्री ने कहा कि यह पोर्टल मध्यप्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए सहायक सिद्ध होगा

विस आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण दस वर्ष और बढ़ाने संबंधी विधेयक के अनुमोदन के लिए राज्य विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र आज शुरू हुआ पहले दिन विधानसभा सदस्य बनवारीलाल शर्मा और भूतपूर्व सदस्य रूगनाथ सिंह आंजना को श्रद्वांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई संभावना है कि कल आरक्षण संबंधी विधेयक को अनुमोदन मिल सकता है

एनपीआर केन्द्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर एनपीआर के लिए किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी और न ही बायोमीट्रिक पहचान दर्ज की जायेगी गृह मंत्रालय ने कहा है कि एनपीआर में केवल प्रश्नावली होगी जिसका प्रारूप शीघ्र ही तैयार कर लिया जाएगा गृह मंत्रालय ने कहा कि कई राज्यों ने एनपीआर के प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया है एनपीआर देश के नागरिकों का एक सामान्य रजिस्टर है

वहीं परीक्षा में भील जनजाति को लेकर पूछे गए आपत्तिजनक सवाल पर अजाक थाना पुलिस ने आयोग के अधिकारियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है पुलिस उपमहानिरीक्षक रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि इस मामले में लोकसेवा आयोग को नोटिस जार्री कर जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में पूछा जाएगा आयोग से दस्तावेज मिलने के बाद आरोपियों के नाम तय होंगे

घटना आमला विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम खापा खतेड़ा की है

पिछले चौबीस घण्टों के दौरान ग्वालियर उज्जैन भोपाल सागर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हुई राजधानी भोपाल में भी देर रात बारिश हुई और सुबह कोहरा छाया रहा दोपहर तक सूरज के दर्शन नहीं हुए शिवपूरी में कल रात से रूक रूककर बारिष हो रही है

गुना जिले में भी कल रात बारिष हुई मौसम विभाग ने आज ग्वालियर चंबल रीवा सागर भोपाल उज्जैन और जबलपुर संभागों में गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने क अनुमान जताया है वहीं ग्वालियर चंबल सागर रीवा और भोपाल संभागों में कोहरा छाये रहने की चेतावनी जारी की है

इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है

किसानों को संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में गुलाबी आवेदन जमा करने होंगे